पहले चरण की आठ संसदीय सीटों पर ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे पहले चरण में जिन सीटों पर ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत और गाजियाबाद संसदीय सीटें शामिल हैं इस संसदीय सीटों के लिये छियानवे प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू के मृताबिक ग्यारह अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छः बजे तक मतदान कराया जायेगा जिसकी र्तैयारी पूरी कर ली गयी है चुनाव प्रचार के अन्तिम दिन सभी प्रमुख दर्लो के दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैलियां जनसभा और रोड शो किये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने आज प्रदेश के बिजनौर और सहारनपुर में रोड़ शो किया

भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में चुनावी सभा में अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगा राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजित सिंह और भाजपा नेता संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में अपने अपने रोड शो किये बहुजन समाज पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिये प्रदेश में पांच और संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी ने धौरहरा से असद अहमद सिददीकी सीतापुर से नकल द्वे मोहनलालगंज से सीएल वर्मा फतेहपुर से सुखदेव प्रसाद और कैसरगंज से चन्द्रदेव राम यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ हुये गठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की अड़तीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने देश में जारी आयकर छापों के सिलसिले में आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की राजस्व सचिव ए बी पांडे और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पी सी मोदी को निर्वाचन आयोग ने बुलाया था इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पूर्व इन एजेंसियों का द्रूपयोग कर रही है निर्वाचन आयोग केन्द्रीय राजस्व विमाग के अधीन काम करने वाली सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पहले ही सलाह दे चुका है कि उनकी सभी कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष और भेदभाव रहित होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दाखिल की गई है क्योंकि अभी तो सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म प्रमाणित नही की है न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा संजय खन्ना की पीठ ने व्यवस्था दी कि अगर फिल्म ग्यारह अप्रैल से पहले रिलीज हो जाती है तभी याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग में शिकायत कर सकते है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना चौवनवां शौर्य दिवस मना रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बल के शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों की रक्षा के लिए सदैव सचेत और सक्रिय रहने वाले पुलिसबलों ने राष्ट्र के प्रति समर्पण के अनेक असाधारण आदर्श प्रस्तुत किये हैं उनके सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में सीआरपीएफ आज के दिन शौर्य दिवस मनाती है राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है उन्नीस सौ पैंसठ में आज के ही दिन सीआरपीएफ की एक छोटी ट्कड़ी ने ग्जरात में कच्छ के रण में सरदार चौकी पर बहादुरी से लड़ते हए पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को नाकाम किया था केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने बीर जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए नौ अप्रैल शौर्य दिवस के रूप में मनाता है होम्योपैथी के जनक क्रिश्चियन फ्रैडरिक सैमुअल हेनिमैन की जयंती आज प्रदेश भर में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनायी जा रही है इस अक्सर पर विभिन्न स्थानों पर संगोष्टियों के आयोजन किये जा रहे हैं होम्योपैथी चिकित्सक चिकित्सा जगत में हेनिमैन के योगदान को याद कर रहे हैं प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहे नवरात्र मेला जोरों पर है आज मॉ भगवती के चौथे स्वरूप माता कृष्मांडा की उपासना की जा रही है मिर्जापूर जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में कल देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से तीन लोगों की मृत्य होने की खबर है पुलिस सूत्रों ने बताया कि लखनऊ से रायबरेली की ओर जा रहा ट्रक पीजीआई क्षेत्र में डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर मौजूद एक होटल में घ्स गया इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों सहित तीन लोगों ने उसकी चपेट में आकर दम तोड़ दिया